केन्द्रीय मंत्री ने ये बात आज अल्मोड़ा मे राज्य स्थापना दिवस के अवसर के कम मे आयोजित युवा सम्मेलन मे कही केंद्रीय खेल और युवा राज्य मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम से युवाओं को नई दिशा मिलेगी

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में पलायन रोकने के लिए सरकार काम कर रही है

मेरा युवा मेरी शान विषय के अन्तर्गत मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और श्री रिजिजू ने उत्तराखंड के परिपेक्ष में युवाओं से बातचीत की उन्होंने उत्तराखंड में सर्विस सेक्टर को बढ़ाने और पहाड़ में रोजगार के अवसर पैदा कर पलायन रोकने की बात कही

मतदान के बाद आज ही मतगणना हुई जिसके बाद नतीजे लगभग सामने आ गए हैं टिहरी जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा की जीत हई है भाजपा प्रत्याशी सोना सजवाण और भोला सिंह परमार विजयी हुए भाजपा की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर जश्न मनाया चमोली जिला पंचायत पद पर हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रजनी भण्डारी ने जीत दर्ज की है उन्होंने भाजपा के योगेंद्र सेमवाल को हराया जिला पंचायत चमोली के उपाध्यक्ष पद पर लक्षमण सिंह निर्विरोध चुने गए जीत के बाद विजयी प्रत्यशियों ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर में विजय जुलूस निकाला पौड़ी जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा की शांति देवी और उपाध्यक्ष पद पर रचना बुटोला विजयी हुई उधर बागेश्वर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी बसंती देवी ने जीत हासिल की है जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद पर भावना दोषाद और नवीन परिहार को नौ नौ वोट मिले एक मत निरस्त हो गया जिला निर्वाचन अधिकारी रंजना राजगुरू ने राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार लॉटरी के माध्यम से नवीन परिहार को जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद पर विजयी घोषित किया गया अल्मोड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी उमा सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर विजयी रहीं उधमसिंह नगर में सुश्री रेनू गंगवाल नैनीताल में श्रीमती बेला तोलिया पिथौरागढ़ में श्रीमती दीपिका उत्तरकाशी में दीपक बिजल्वाण देहरादून में श्रीमती मध्य चौहान रुद्रप्रयाग में अमरदेई जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई

इसके बाद मतगणना शुरू हई महिला सशक्तिकरण चंपावत प्रदेश में इस साल हुए पंचायत चुनाव में महिला सशक्तिकरण की झलक देखने को मिली चम्पावत जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष सहित सभी चारों विकासखण्डों में क्षेत्र प्रमुख भी महिलाएं चुनी गईं

जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जहां भाजपा की ज्योति राय निर्विरोध निर्वाचित हुईं वहीं लोहाघाट क्षेत्र पंचायत में भी भाजपा की नेहा ढेक निर्विरोध चुनी गयी पाटी क्षेत्र प्रमुख पर भाजपा की सुमनलता बाराकोट में भाजपा की विनीत फर्त्याल और चम्पावत क्षेत्र प्रमुख पर रेखा देवी निर्वाचित हुईं

पुस्तक विमोचन केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आज नई दिल्ली में गुरू नानक देव से संबंधित तीन पुस्तकों का विमोचन किया गुरू नानक बानी नानक बानी और साखियां गुरू नानक देव नामक पंजाबी भाषा की इन पुस्तकों को नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है

इस अवसर पर हरसिमरत कौर ने कहा कि गुरू नानक देव के विचार आज भी प्रासंगिक हैं वहीं केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लोगों का आह्वान किया कि वे दुनिया के कोने कोने में गुरू नानक देव के विचारों का प्रचार प्रसार करें डिजिटल सम्मेलन आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक इरा जोशी ने कहा है कि आकाशवाणी संचार का एक मजबूत और प्रभावशाली माध्यम बना रहेगा आज नई दिल्ली में एक डिजिटल सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रेडियो की सबसे खास बात यह है कि लोग अपना काम करते हुए भी इसका आनंद ले सकते हैं दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि अब रिपोर्टिंग के लिए पुराने बड़े कैमरों की जगह मोबाइल फोन का इस्तेमाल होने लगा है और दूरदर्शन भी इस नई मोबाइल पत्रकारिता का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था आज भी मजबूत स्थिति में है क्योंकि सरकार ने इसकी बुनियाद को कमजोर नहीं होने दिया है आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दो दिन के वैश्विक निवेशक सम्मेलन राइजिंग हिमाचल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि देश का विकास नये विचारों और नये दृष्टिकोण के साथ तेजी से हो रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले इस तरह के निवेशक सम्मेलन देश के कुछ शहरों मे ही आयोजित होते थे लेकिन अब स्थिति बदल गई है उन्होंने कहा कि अब राज्य भी निवेशकों को अपने यहां आकर्षित करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में आ गये हैं श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षो से राज्य सरकारें निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देने पर विशेष ध्यान देने लगी हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा कल किये गये एक महत्वपूर्ण फैसले से साढ़े चार लाख मध्यम वर्ग के परिवारों का अपने घर का सपना पूरा होगा मौसम प्रदेश में कुछ दिनों से खिल रही गुनगुनी धूप के बाद आज मौसम ने अचानक करवट बदली प्रदेश के उच्च पर्वतीय इलाकों में आज बर्फबारी हुई जबकि निचले क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश हुई जिससे मौसम काफी सर्द हो गया है प्रदेश के चारों धाम सहित हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी पिंडर घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई बद्रीनाथ धाम में इस वर्ष के सीजन की पहली बर्फबारी हुई सुबह से ही बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो गई थी जो करीब आधे घण्टे तक जारी रही जिससे आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ गई है

वहीं चमोली जिले के निचले क्षेत्रों पर्यटन नगरी धनौल्टी घनसाली प्रतापनगर समेत कई स्थानों पर बारिश हुई प्रदेश के अन्य हिस्सों में दिनभर बादल छाये रहे

ब्रैंड अम्बैसडर अल्मोडा अल्मोड़ा में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत चल रहे स्वच्छता कार्यक्रम को और गति प्रदान करने के लिए उभरते रैपर गौरव मनकोटी को जिले का स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आज एक कार्यक्रम में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और मुख्य विकास अधिकारी मनुज गोयल ने गौरव मनकोटी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर ब्रान्ड एम्बेसडर बनाना युवाओं को स्वच्छता के लिये प्रेरित करेगा इस दौरान महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की केन्द्र पोषित निर्भया फण्ड योजना के अन्तर्गत आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण का भी शुभारम्भ किया गया इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य किशोरियों को आत्मस्रक्षा के लिए सशक्त बनाना है

राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच स्पोर्ट्स हॅास्टल उत्तरकाशी और बागेश्वर के बीच खेला गया

इस प्रतियोगता में उत्तरकाशी पौड़ी पिथौरागढ़ चमोली चम्पावत बागेश्वर देहरादून और स्पोर्ट्स हॉस्टल उत्तरकाशी की टीम प्रतिभाग कर रही हैं

उन्होंने कहा कि ज्योति पर्व दीपावली का उत्सव इसी दिन पराकाष्ठा को पहुंचता है इसलिए पर्वों की इस श्रृंखला को इगास बग्वाल नाम दिया गया है इगास पर्व के दिन वर्षों से चली आ रही परंपराओं को निभाया जाता है विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड की सभ्यता संस्कृति और पर्व त्योहार को मनाने का तरीका अपने आप में अनूठा है विधानसभा अध्यक्ष ने सभी से पर्व को मनाने का आह्वान किया है ताकि नई पीढ़ी अपनी संस्कृति से जुड़ी रहे विधानसभा अध्यक्ष कल इगास मनाने सांसद अनिल बलूनी के पैतृक गांव नकोट कंडवालस्यु भी जाएंगे